दो दिवसीय इस सम्मेलन के पहले दिन आज शाम साढ़े चार बजे मुख्यमंत्री कमलनाथ सीआईआई द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का उदघाटन करेंगे मुख्यमंत्री प्रमुख उद्योगपतियों से भी मुलाकात करेंगे जबकि कल मैग्नीफिसेंट एमपी में उदघाटन भाषण देंगे इस सम्मेलन में देश भर के जाने माने उद्योगपति हिस्सा लेंगे यह सम्मेलन प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया है अधिकृत जानकारी के अनुसार सम्मेलन से पहले विभिन्न क्षेत्र में निवेश के प्रस्ताव सरकार को मिले हैं

इनमें ईजराइल की दो कंपनियों के अलावा ब्राजील जापान नार्वे और अमेरिका की कंपनियों के निवेश प्रस्ताव भी है झाब्आ च्नाव प्रदेश के झाबुआ विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है

केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कल इस क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी समाओं को संबोधित किया

इस क्षेत्र से विधायक जीएस के सांसद चुने जाने के बाद इस सीट पर उपचुनाव कराया जा रहा हैं वाशिंगटन सीतारमण वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि निवेशकों के लिए भारत से बेहतर कोई दूसरा देश नहीं हो सकता भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया भर में तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है कल वाशिंगटन में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार सुधारों की दिशा में लगातार काम कर रही है इसके लिए अर्थव्यवस्था से जुड़े समी क्षेत्रों से साप्ताहिक चर्चा कर रही है इस क्षेत्र में आने वाली समस्याओं से निपटने के लिए त्वरित उपाय किया जा रहे हैं जिसके अच्छे नतीजे सामने आ रहे हैं

क्षेत्रीय सांसद राज बहादुर सिंह ने कल इस महोत्सव का उदघाटन किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि लोक कलाओं से रची बसी बुंदेलखंड की धरती पर लोक संस्कृति एक बार फिर जीवंत हो उठी है उन्होंने इस आयोजन के लिए केन्द्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्यमंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के प्रति आभार व्यक्त किया क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र के कलाकारों ने भी पूरे देश की संस्कृति के संबंध में परिचित कराया इस महोत्सव में हस्तकला और शिल्प मेला भी लगाया गया है स्थापना दिवस मध्यप्रदेश स्थापना दिवस एक नवम्बर को समारोह पूर्वक मनाया जायेगा इस समारोह का मुख्य आयोजन राज्य स्तर पर भोपाल के लाल परेड मैदान में होगा इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे अपर मुख्य सचिव केके सिंह की अध्यक्षता में कल भोपाल में हुई बैठक में स्थापना दिवस पर होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया गया

इसका उद्देश्य अभिभावकों को उनके बच्चों के शैक्षणिक स्तर की जानकारी प्रदान करना है ताकि शैक्षणिक सुधारों के लिये अभिभावकों को भी जागरुक किया जा सकें

इस हादसे में तीन युवक घायल हुए है

टीम ने खाद्य पदार्थों में मिलावट की आशंका जताई है